निजामुद्दीन मरकज से लौटे कई जमाती पॉजीटिव पाए गए

मुख्य सचिव ने अस्पताल को पीपीई किट मास्क और रेपिड जांच किट की उपलब्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार इन लोगों को देश वापिस भेजा जायेगा

भिवानी पलवल फरीदाबाद और अन्य कई जगहों से मिली रिपोर्ट के अनुसार आज पॉजिटिव पाए गए मामले निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों के हैं

रिपोर्ट दोबारा नैगेटिव आने पर उन्हें भी छुट्टी दे दी जायेगी

ये लोग निजामुद्दीन के जमाती हैं

क्योंकि ये लोग चरखी दादरी में अपनी रिश्तेदारी में भी जाकर आए थे

उन्हें मस्जिदों से निकाल कर जांच करवाई गई और अब उनका उपचार किया जा रहा है

काबिले गौर है कि निजामुद्दीन मरकज से लौटे जमातियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरियाणा में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा उपर गया है

इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि उस दिन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए चौधरी देवी लाल को श्रद्वांजलि भेंट की जाए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के मददेनजर यह फैसला लिया गया है कि जन नायक चौधरी देवी लाल जी की पुन्य तिथि पर कोई बड़ा समारोह ना किया जाये

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संकट तालमेल समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अस्पताल में पहले से दाखिल मरीजों को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए नजदीकी अस्पतालों में भेजा जाये इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में प्रयाप्त मेडीकल उपकरण पीपीई किटें मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के मेडीकल कॉलेजों और अस्पतालों में विशेष कोविड वार्ड कायम करने को भी कहा

इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक अस्पताल और मेडीकल कॉलेज में रेपिड टैस्टिंग किट मुहैया करवाने की हिदायत भी की मुख्य सचिव ने यह निर्देश भी दिया कि जिन शहरी क्षेत्रों और गांवों में कोरोना के पॉजीटिव मामले सामने आये हैं वहां पर खुले दूध की आपूर्ति करने वाले लोगों की गिनी कम की जाये और पैकेट बंद दूध की आपूर्ति पर ध्यान दिया जाये उन्होंने सब्जियों की बिकी करने वालों द्वारा ज्यादा मूल्य वसूलने पर रोक के लिए सब्जियों के अधिकतम भाव तय करने बैंकों में भीड़ ने होने देने और पेट्रोल पंप खुले रखने को भी कहा मुख्य सचिव ने धर्मशालाओं में रह रहे साधुओं की थर्मल स्कैनिंग करने और इनमें सामाजिक दूरी बनाये रखने के निर्देश भी दिये हैं

इसी बीच चण्डीगढ के प्रशासन के सलाहकार मनोज परीदा ने ट्वीट कर चण्डीगढ के डॉक्टरों का धन्यवाद किया है और डॉक्टरों द्वारा दिन रात अपनी परवाह किए बिना इस लड़ाई को लड़ने के लिए सलाम किया है उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए आज से नियमित होने वाली वार रूम बैठक में चण्डीगढ के प्रशासक उनके सलाहकार वित्त सचिव गृह सचिव उपायुक्त और निगम आयुक्त ही शामिल होंगे बाकी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस को माध्यम से शामिल होंगे

जिसके लिए आज आदेश जारी कर दिए गए है

श्री विज ने कहा कि प्रदेश का जो भी व्यक्ति जमातियों के सम्पर्क में आया है वह प्रशासन को सूचना करें ताकि उसका टैस्ट करवाया जा सके

उन्होंने इस बैठक में अस्पतालों की उपलब्यता आईसोलेशन और अलग रखने की सुविधाओं के अलावा रोक की निगरानी जांच और स्वास्थ्य संभाल प्रशिक्षण बारे राष्ट्रव्यापी तैयारियों की समीक्षा की